केन्द्र सरकार ने राज्यों से प्रवासी मजदूरों और फंसे हुए लोगों की सुरक्षा आवास और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा

प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमण के मामले बढ़कर आठ सौ पांच हए

मुख्यमंत्री ने यह लाभ उन व्यक्तियों को भी देने का निर्देश दिया जो किसी भी योजना के दायरे में नहीं आते मुख्यमंत्री ने राज्य में सामुदायिक रसोई चालू करने पर विशेष बल दिया उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए मुख्यमंत्री कल लखनऊ में प्रदेश भर में लागू पूर्णबंदी की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि चिकित्सकों पुलिसकर्मियों और सफाईकर्मियों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने दोषियों के विरूद्व राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका और महामारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपायी दोषियों की संपत्ति जब्त कर की जाए मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की बीमारी छ्पाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं

ये नोडल अधिकारी अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इंतजाम में समन्वय करेंगे श्री गॉबा ने निर्देश दिया कि ऐसे लोगों के प्रत्येक शिविर में वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी बनाया जाना चाहिए श्री गौबा ने राज्य के मुख्य सचिवों से सभी जिलाधिकारियों को स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों से संबंधित मुद्दों के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए केंद्र द्वारा लॉकडाउन के दूसरे चरण के संशोधित दिशा निर्देश कल से लागू हो गये होगी ऐसे इलाके जो हॉट स्पॉट नहीं हैं उनमें बीस अप्रैल से सशर्त छूट दी जाएगी लॉकडाउन का कडाई से पालन कराने के लिए कई निर्देश जारी किये गये हैं सभी कार्यस्थलों पर आगंतुकों और कर्मियों के तापमान की जांच की व्यवस्था अनिवार्य है कार्यालय में सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी कार्यालयों में हर शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतराल होगा सेवाकर्मियों का एक साथ भोजनावकाश नहीं होगा पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र वाले या फिर मध्मेह रक्तचाप किडनी संबंधी समस्याओं वाले कर्मियों को घर से ही काम करने की छूट दी जानी चाहिए पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता पिता को भी घर से काम करने के लिए कहा जाना चाहिए सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि कृष्ठ संस्थान विद्यार्थियों पर लॉकडाउन के दौरान प्रवेश शुल्क सहित फीस का भुगतान करने के लिए दबाव बना रहे हैं मंत्रालय ने सभी कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि अपनी वेबसाइट पर यह सुचना प्रदर्शित करें और ईमेल के जरिए विद्यार्थियों को भी यह जानकारी दें

लखनऊ में कल पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में हॉट स्पॉट क्षेत्रों के आसपास के बफर जोन में पूल टेस्ट का काम शुरू हो गया है आगरा में बफर जोन में पांच पांच नमूनों के तीस पूल बनाये गये और इन सभी एक सौ पचास लोगों में कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह खबर झूठी है और केंद्र सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी

कल बयासी लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई आगरा में अट्ठारह नए मरीज मिलने के बाद यहां रोगियों की संख्या एक सौ सड़सठ हो गई है जिले में दस लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं अब तक पांच लोगों की बीमारी से मृत्यु भी हुई है लखनऊ में पच्चीस व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद यहां रोगियों की संख्या बढ़कर एक सौ हो गई है कल जिन पच्चीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई वे सभी तबलीगी जमात से सम्बद्ध हैं गौतमबुद्ध नगर में बारह नए लोगों में संक्रमण मिलने पर यहां अब तक बानबे लोग इस वायरस से संक्रमित हो च्के हैं जिले में पच्चीस मरीज स्वस्थ भी हुए हैं मेरठ में कोविड नाइन्टीन के चार मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर उन्हत्तर हो गई है चौदह लोग उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं सहारनपुर जिले में कल कोई नया मामला सामने नहीं आया और यहां कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या तिरपन बनी हुई है कानपुर नगर में कल चार लोगों में संक्रमण की पूष्टि हई जिसके बाद यहां मरीजों की संख्या बढ़कर बाइस हो गई

जिलाधिकारी नितिन बंसल ने बताया कि इसके लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था की गयी थी जिले में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है

घर में काफी लोगों के जुटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की पुलिस अधीक्षक ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है

चित्रकूट में लोगों ने चिकित्सकों पुलिसकर्मियों और सफाईकर्मियों पर पृष्प वर्षा करके कोरोना महामारी के विरूद्व जंग में उनके योगदान के लिए आभार प्रकट किया पीलीभीत जिले में कोरोना योद्वा सफाईकर्मियों का रोटरी क्लब प्रनपुर ग्रीन की ओर से फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया उन्हें सैनिटाइजर भी वितरित किये गये लॉकडाउन के दौरान लोगों को धनराशि निकालने के लिए एटीएम और बैंकों तक न जाना पड़े इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में डाकघरों के माध्यम से नकदी निकालने की सुविधा दी जा रही है वाराणसी और चंदौली में एक अप्रैल से अब तक एक हजार से अधिक लोगों को साढ़े चौदह लाख रूपये से अधिक का भुगतान डाकिया द्वारा उनके घरों पर पहुंचाया जा चुका है कोई भी व्यक्ति जिसका किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता हो वह अपने नजदीकी डाकघर से संपर्क कर नकदी प्राप्त कर सकता है इसके लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है एक बार में अधिकतम दस हजार रूपये की ही निकासी की जा सकती है बस्ती जिले में अब तक एक हजार एक सौ इकसठ उपभोक्ताओं ने डाक विभाग के माइक्रो एटीएम से इक्कीस लाख बासठ हजार रूपये से अधिक की नकद निकासी की है बलिया जिले में डाक विभाग द्वारा चार सौ तेईस माइक्रो एटीएम के जरिये यह सुविधा प्रदान की जा रही है झांसी जिले में भी लोग डाक विभाग के माइक्रो एटीएम के जरिए नकद निकासी कर रहे हैं

अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक आश्तोष त्रिपाठी ने वैन का श्भारंभ करते हुए कहा कि इससे इन क्षेत्रों में लोगों को नकद निकासी में सुविधा होगी प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चयनित ग्रामीण समूह सखियों ने व्यापक स्तर पर मास्क बनाने का काम शुरू किया है जिले के गौरा विकासखण्ड के नारायणपुर कलां की समूह सखियों द्वारा अब तक पचास हजार से अधिक मास्क बनाकर सरकारी विभागों और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किए जा चुके हैं

पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित की अपील पर पुलिसकर्मियों ने स्वेच्छा से यह धनराशि जुटाई संमल जिले के असमोली क्षेत्र के गांव रामनगर में कल दो पक्षों के बीच विवाद में हुई फायरिंग में दो लोगों की मृत्यु हो गयी और एक अन्य घायल हो गया पुलिस के अनुसार विवाद खेत की मेड़ को लेकर हुआ था